नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आठ आठ लाख रूपये के दो इनामी माओवादी मारे गए

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रिमडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य किस्म के धान का सरकारी खरीद मूल्य दो सौ रूपये बढ़ाकर सत्रह सौ पचास रूपये प्रति क्विटल कर दिया गया है वहीं ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सौ साठ रूपये की बढ़ोतरी के साथ एक हजार सात सौ पचास रूपये प्रति क्विटल हो गया है

मध्यम रेशे के कपास का सरकारी खरीद मूल्य चार हजार बीस रूपये से बढ़ाकर पांच हजार एक सौ पचास रूपये प्रति क्विटल कर दिया गया है लंबे रेशे वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार चार सौ पचास रूपये होगा अरहर का सरकारी खरीद मुल्य पांच हजार छह सौ पचहत्तर मूंग का छह हजार नौ सौ उनहत्तर और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार छह सौ रूपये प्रति क्विटल होगा गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते शुक्रवार को किसानों से बातचीत के दौरान खरीफ फसल के लिए सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी का आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री धान स्वागत केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन किसानों के लिए उत्सव का दिन है डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की हितेषी है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और भाजपा इस फैसले को एक उत्सव के तौर पर मनायेगी इसके तहत गांव गांव में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे वहीं कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि च्रंकि धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है इसलिए केंद्र सरकार के इस फैसले का विशेष महत्व है विधानसभा समाचार शराब बंदी राज्य के आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी व्यापक परीक्षण का विषय है आज विधानसभा में एक सवाल के जवाब में श्री अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए अध्ययन दल बना हुआ है और विस्तृत विचार विमर्श के बिना पूर्ण शराब बंदी किया जाना संभव नहीं है हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में अनेक विधायकों ने प्रदेश में शराब बिक्री से संबंधित सवाल उठाए आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब शराब बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध और सरकार की नई शराब नीति की वजह से शराब की बिक्री में कमी आई है उन्होंने कहा कि सरकार की यही कोशिश रही है कि कोचिया प्रथा बंद हो सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब में आबकारी मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री से राज्य शासन को करीब चौंतीस अरब रूपए की आय हुई थी वहीं चालू वित्तीय वर्ष में पन्द्रह जून तक सात अरब रूपए से अधिक की आय हो चुकी है आज सदन में चर्चा के बाद करीब अड़तार्लीस सौ करोड़ रूपए का अनुप्रक बजट पारित कर दिया गया इसमें शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद वेतन भुगतान के लिए एक हजार पच्चीस करोड़ रूपए के साथ ही किसानों को धान का बोनस देने के लिए सत्रह सौ छह करोड़ रूपए का भी प्रावधान किया गया है विधानसभा समाचार आरटीई स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश के जिन स्कूलों को अल्पसंख्यक वर्ग के तहत शिक्षा का अधिकार कानून से छूट मिली हुई है उनका परीक्षण कराया जाएगा और यदि वे निर्धारित नियम शर्तों को पूरी नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाएगा आज विधानसभा में यह मामला भाजपा विधायक देवजी भाई पटेल ने एक ध्यानाकर्षण सुचना के जरिए उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर क्षेत्र के पैंतीस स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के तहत मिलने वाली छूट का बहाना लेकर आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया है श्रोताओं विधानसभा की आज की कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण आकाषवाणी रायपुर केन्द्र द्वारा आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जाएगा

आज रायपुर में महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा ने हर बूथ पर दस महिला कार्यकर्ता तैयार करने की रणनीति बनाई है

इन दोनों माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम कुरूसनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब्झमाड़ के जंगल में तलाशी अभियान पर निकली हुई थी

घटनास्थल से एक इंसास राइफल और दो भरमार बंद्क सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं इसी जिले में जेद्दा गांव के पास के जंगल में एक और मुठभेड़ हुई जहां डीआरजी और एसटीएफ की टीम पर घात लगाए बैठे माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हुए घटनास्थल से माओवादियों के पिट्ठू और दैनिक उपयोग के अन्य सामान जब्त किए गए हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में दो सौ चार वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है वन भूमि के अन्य उपयोग और जंगलों पर जैविक दबाव के बावजूद राज्य के वन परिक्षेत्र में एक सौ पैंसठ वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस तरह वन क्षेत्र का दायरा दो सौ चार वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य कैम्पा निधि हरित भारत मिशन हरियर छत्तीसगढ़ अभियान हरियाली प्रसार योजना राष्ट्रीय बांस मिशन वन विकास अभिकरण और मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर पौधारोपण होने के कारण यह बदलाव आया है

राजधानी रायपुर के सतयासी पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया है इनमें इक्कीस प्रधान आरक्षक और छियासठ आरक्षक शामिल हैं

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिडंत में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं पुलिस वाहन में बैठे दस कैदी घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज रायपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली और विधानसभा घेराव का प्रयास किया शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होकर बारह जुलाई तक चलेगी